मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्प्रिकलर व डिप्र प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा रहा है प्रदेश में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कल शिमला में एक बैठक में उन्होंने उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया कि ऐसे घुलनशील उवर्रक विकसित किए जायें जिससे प्रदेश के किसान लाभान्वित हो सकें वहीं दूसरी ओर कुल्लू के बंजार हादसे से सबक लेते हुए राज्य सरकार ने ग्रमीण क्षेत्रों में और बस रूट परमिट देने का फैसला लिया है जहां बस सेवाओं की कमी के कारण ओवरलोडिंग होती है

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि मेले और त्योहार हमारी आस्था और विश्वास के प्रतीक है कांगड़ा ज़िले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के द्रमण में मेले के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें अपनी इन मूल्यवान विरासतों को संजोये रखना जरूरी है

नरेन्द्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मन की बात का यह पहला संस्करण होगा पंजाब के राज्यपाल बीपीसिंह बदनौर परिवार सहित कल लाहौल के सिस्स पहंचे और यहां की दिलकश वादियों का भरपुर आन्नंद लिया राज्यपाल ने बताया कि उन्होंने लाहौल की प्राकृतिक खुबसूरती के बारे में सुना था लेकिन वे यहां पहुंचकर घाटी की प्राकृतिक खुबसूरती और प्रदूषण रहित वातावरण से खासे प्रभावित हुए हैं उन्होंने कहा कि लाहौल में रोहतांग टनल बनने के बाद पर्यटन की अपार संभावनायें हैं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिंकाश भागों में मौसम के साफ बने रहने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हई है हालांकि आज से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश के मौसम में बदलाव आने की संभावना है उल्लेखनीय है कि इन दिनों प्रदेश में स्टोन फूट फसलों का सीजन जोरों पर है ऐसे में अगर ओलावृष्टि होती है तो फसल उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है

वहीं जुलाई के पहले सप्ताह तक मॉनसून के हिमाचल पहुंचने की संभावना है अखबारों की सुर्खियों आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की शीर्षक है जस्टिस रामासुब्रमण्यन बने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

दैनिक सवेरा टाईम्स मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है हिमाचल में लोकायुक्त की नियुक्ति जल्द होगी अजीत समाचार की सुर्खी है आडवाणी निजी प्रवास पर शिमला पहुंचे अमर उजाला की एक खबर है सवा दो साल बाद पैकेट बंद दूध दो रूपये मंहगा इसी अखबार की एक अन्य खबर है हिमाचल की लीची पर चमकी बुखार की मार दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल में कैरी बैग बैन करने की तैयारी